इसमें हिमाचल प्रदेश सहित बिहार असम आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल रहे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के उपनगर संजौली में कल निर्माणाधीन हैलीपोर्ट का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को ये कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि हैलीपोर्ट के बन जाने के बाद उड़ान टू योजना के तहत जुब्बड़हट्टी के बजाय इस हैलीपोर्ट पर हैलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा दी जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तरह के हैलीपोर्ट प्रत्येक ज़िला मुख्यालय में विकसित किए जाएंगे इसके अलावा मंडी रामपुर तथा बद्दी में तीन और हैलीपोर्ट बनाए जाएंगे बाद में उन्होंने कालीबाड़ी के समीप बैंटनी कैसल का दौरा किया

मंत्रिमण्डल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित की जाएगी बैठक में प्रदेश की आर्थिकी को वापिस पटरी पर लाने को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी इसके साथ ही कोरोना को लेकर जरूरी नियमों को लागू करने और निजी बस आप्रेटरों की मांगों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने की सम्भावना है

आयकर विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड करदाताओं की सुविधा के लिये और नियमों का स्वेच्छा से पालन करवाने का एक ई अभियान आज से शुरू कर रहा है

अभियान के तहत करदाताओं को ई मेल और एसएमएस के जरिये सूचित किया जाएगा ताकि इन्हें भविष्य में आयकर विभाग के नोटिस तथा अन्य छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को प्रमुखता दी है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है मंडी रामपुर बद्दी में बनेंगे तीन नए हेलीपोर्ट दैनिक भास्कर की सुर्खी है संजौली में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट के निर्माण की समय सीमा तय आपका फैसला के शब्द हैं सितम्बर में पूरा होगा हेलीपोर्ट का निर्माण कैबिनेट बैठक आज तीन फैसलों पर होगी चर्चा अमर उजाला की खबर है